पीएम केदारनाथ समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केदारनाथ और बदरीनाथ में विभिन्न कार्यों के लिए राज्य सरकार को केन्द्र से हर सम्भव मदद दी जायेगी

प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से श्री केदारनाथ धाम में चल रहे कार्यों की जानकारी ली उन्होंने ड्रोन के माध्यम से विभिन्न कार्यो का निरीक्षण भी किया प्रधानमंत्री ने केदारनाथ मन्दिर परिसर आदिग्रू शंकराचार्य की समाधि सरस्वती घाट आस्था पथ औरव मन्दिर के रास्ते पर बने प्ल केदारनाथ में बन रही गुफाओं मन्दाकिनी नदी पर बन रहे पुल मंदाकिनी और सरस्वती के संगम पर बन रहे घाटों को देखा प्रधानमंत्री ने कहा कि रामबाड़ा से केदारनाथ तक छोटे छोटे पेच को केदारनाथ की ऐतिहासिकता से जोड़ा जाय ताकि श्रदधालुओं को इनके महत्व के बारे में भी रोचक जानकारियां मिल सके उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में आध्यात्म से संबंधित भी अनेक कार्य किये जा सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि केदारनाथ के आस पास जो ग्फाएं बनाई जा रही हैं उन्हे सूनियोजित तरीके से विकसित किया जाए ताकि इनका स्वरूप आकर्षक हो प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी केदारनाथ में निर्माण कार्य तेजी से किये जा सकते हैं शीर्ष प्राथमिकता के काम पहले प्रे किये जाएं प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में यात्रा की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली सीएम ऑन यात्रा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि भगवान केदारनाथ और बदरीनाथ के दर्शन के लिए सीमित संख्या में केवल स्थानीय लोगों को ही अन्मति दी गई है

साथ ही मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा

इस अवसर पर मुख्य सचिव उत्पल क्मार सिंह ने केदारनाथ धाम में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की विस्तार से जानकारी दी

उन्होंने बताया कि केदारनाथ में ओपन म्यूजियम बनाने की योजना भी बनाई जा रही है देवस्थानम बोर्ड आदेश उत्तराखंड में नवगठित देवस्थानम् बोर्ड ने चारधाम में केवल स्थानीय लोगों को सीमित संख्या में दर्शन पूजन की अन्मति दी है इन मंदिरों वाले तीन जिलों चमोली रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के निवासियों और म्ख्य रूप से स्थानीय प्जारियों को मंदिरों में जाने की अनुमति होगी बोर्ड के आदेश के अन्सार बद्गीनाथ मंदिर में रोजाना केवल एक हजार दो सौ लोग ही पूजा अर्चना कर सकेंगे केदारनाथ में आठ सौ गंगोत्री में छह सौ और यमनोत्री में चार सौ भक्तों को ही रोजाना प्जा अर्चना की अन्मति होगी लोगों को मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश करने से पहले टोकन लेने होंगे ये मंदिर चमोली रूद्र प्रयाग और उत्तरकाशी जिलें में हैं

केदारनाथ आवागमन केदारनाथ धाम क्षेत्र में केवल रुद्रप्रयाग जिले के लोग ही आवागमन कर सकेंगे बाहरी राज्यों सहित कन्टेन्मेंट जोन से आने वाले व्यक्तियों को इसकी अन्मति नहीं होगी जिलास्तर पर भी बिना पास के ऊखीमठ गुप्तकाशी सोनप्रयाग और केदारनाथ क्षेत्र में आवागमन संभव नहीं हो पाएगा जिलाधिकारी वंदन सिंह ने ऊखीमठ के उप जिलाधिकारी को यह निर्देश दिये हैं चारधाम देवस्थानम बोर्ड की केदारनाथ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में आवागमन बिना पास के नहीं होगा उन्होंने बताया कि इस अवधि में मंदिर परिसर में प्रवेश सहित गर्भ गृह में दर्शन करने की अन्मति नहीं होगी उन्होंने मंदिर समिति के कार्याधिकारी को श्रद्धाल्ओं के लिए संकेत चिह्न के माध्यम से दर्शन कराने के आदेश दिए उन्होंने सोनप्रयाग में तहसीलदार सहित प्लिस और स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों की तैनाती के आदेश भी दिये भाजपा वर्चुअल रैली केंद्रीय कपड़ा और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्सरे कार्यकाल का एक वर्ष होने पर आज वर्चअल रैली के जरिए प्रदेश के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत हल्दवानी से वर्च्अल रैली में शामिल हए जबकि पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारी और राज्य के अन्य स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ता मोबाइल के जरिए रैली में शामिल हए रैली में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने द्रसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में गरीब किसान मजदूर मध्यम वर्ग और उदयोगों को विशेष राहत पैकेज दिया है जिससे कोरोना जैसी महामारी के बीच देश को आर्थिक मंदी से उबारने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने चारधाम के लिए ऑलवेदर रोड के अलावा सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन जैसे कार्य किये हैं डीजी अपील उत्तराखंड के प्लिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने लोगों से कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के स्वस्थ होकर घर लौटने पर उनके साथ मधुर व्यवहार करने की अपील की है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बाद स्वस्थ होकर घर लौटा व्यक्ति समाज में अपनी भागीदारी करेगा उन्होंने आमजन से इसको लेकर पैनिक नहीं करने की अपील की है उन्होंने बताया कि सभी जिला प्रम्खों को जिलाधिकारी से बात कर ऐसे क्षेत्र चिह्नित करने के लिये कहा गया है जहां कोरोना संक्रमित व्यक्ति की किसी कारणवश मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार किया जा सके

प्रदेश में डबलिंग रेट और रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है

इस प्लान को कोरोना डेंगू मलेरिया और पोलियो के सम्भावित संकमण से आबादी को बचाने के लिए तैयार किया गया है जिलाधिकारी ने कहा कि संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए ग्राम इकाई तक प्रत्येक व्यक्ति को कवर करना होगा

वेबिनार में मुख्य वक्ता पेरू विश्वविदयालय के प्रोफेसर सीजर मेयोलो ने कहा कि आज द्वनिया एक माहमारी के प्रभाव के दौर से ग्जर रही है जिसने विश्व की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है उन्होंने हा कि आज जरूरत इस बात की है कि हम सभी इस समस्या के समाधान से मिलकर प्रयास करें

अरविंद पांडे संवाद शिक्षा य्वा कल्याण एवं पंचायतीराज मंत्री अरविन्द पाण्डे ने आज देहराद्न से वर्च्अल क्लासरूम के माध्यम से स्वामी विवेकानन्द ई य्वा सम्मेलन कार्यक्रम में प्रदेश के युवा कल्याण के स्वयंसेवकों से संवाद किया इस दौरान उन्होंने युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के स्वयंसेवक पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया

इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सम्बन्ध में जानकारी दी उन्होंने बताया कि स्थानीय संसाधनों के आधार पर छोटे छोट व्यवसाय अपनाकर य्वा अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं